दोनों प्रमुख दलों के स्टार प्रचारक व अन्य नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैलियां कर लोगों को रिझाने में जुटे हैं इसी के तहत वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज लाहौल स्पिति के केलंग व भरमौर के किलाड़ में चुनाव जनसभाओं को संबोधित करेंगे इसी तरह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर गगरेट निर्वाचन क्षेत्र और शिमला से भाजपा उम्मीदवार सुरेश कश्यप शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जन सम्पर्क अभियान चलाएंगे इधर कांग्रेस के स्टार प्रचारक व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शिमला से पार्टी उम्मीदवार धनी राम शांडिल के पक्ष में चौपाल में चुनाव जनसभा करेंगे इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल सहित पार्टी प्रत्याशी धनी राम शांडिल मौजूद रहेंगे

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक राज नारायण कौशिक ने कल ऊना जिला के कई मतदान केन्द्रों का दौरा किया इस दौरान उन्होंने इन केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया उन्होंने वोटर लिस्ट के बारे में जानकारी भी हासिल की और ऊना कॉलेज में ईवीएम की कमिशनिंग प्रक्रिया भी देखी उधर मंडी जिले में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की दूसरे चरण रैंडेमाईजेशन आज शाम की जायेगी

प्रदेश में कल रात से मौसम ने करवट ली है और कुल्लू व किन्नौर जिलों में कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो रही है जबकि अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के क्छ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश व ओलावृष्टि की संभावना जताई है एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी की कल हुई रैलियों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हवाले से लिखता है सिख दंगा हआ तो हआ बोलने वाली कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे लोग दैनिक जागरण के शब्द हैं कांग्रेस ने किया सैनिकों का अपमान पंजाब केसरी का शीर्षक है कांग्रेस की रग रग में अंहकार सेना के अपमान का बदला लेगी जनता दैनिक भास्कर की सुर्खी है प्रधानमंत्री ने मंडी में कांग्रेस पर साधा निशाना तो कांग्रेस अध्यक्ष ने उना में भाजपा को घेरा दिव्य हिमाचल लिखता है मंडी में गरजे प्रधानमंत्री ऊना में बरसे राहल गांधी वहीं हिमाचल दस्तक और दैनिक सवेरा टाईम्स के जैसे शब्द हैं मंडी विजय संकल्प रैली में बोले पीएम भारत ने पूरी दुनिया में मनवाया अपनी ताकत का लोहा पत्र राहल गांधी के हवाले से लिखता है मोदी देश के नहीं अंबानी के चौकीदार बोले अपने कोच आडवाणी को ही दे दिया धोखा